प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिये कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न

पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के बाईस हजार चार सौ उन्तालीस नये मामले सामने आये प्रदेश में एक लाख उन्तीस हजार आठ सौ अड़तालीस कोरोना के सक्रिय मामले कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कई फैसले लिये जिसमें लखनऊ प्रयागराज वाराणसी कानपुर नगर गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद मेरठ गोरखपुर सहित दो हजार से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले वाले सभी दस जनपदों में रात आठ बजे से प्रातः सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है

साथ ही प्रयागराज गोरखपुर वाराणसी तथा कानपुर में भी बेडों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये गये मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये गठित टीम के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड मरीजों के लिये बेड तथा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है कोविड से बचाव के लिये उपयोगी रेमडेसिवर और ऑक्सीजन की उपलब्यता पर सतत निगरानी रखी जा रही हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की संमावित वापसी को देखते हए सभी जनपदों में क्वारेंटीन सेन्टर बनाये जा रहे हैं जहां प्रवासियों का टेस्ट करके संक्रमित व्यक्ति को समुचित इलाज किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव में कार्यरत कर्मियों की सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किये जाये देश में चिकित्सा में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हए केन्द्र सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टाक उपलब्ध कराया जाएगा

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता सात हजार मीट्रिक टन से अधिक है इसमें बढ़ोतरी भी की गयी है केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारु रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने इस्पात कारखानों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करने और राज्यों की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं

कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये सभी व्यवस्थाएं कीं थी लोगों में खासकर पहली बार मतदाता बने युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया मतदान केन्द्रों पर लम्बी लम्बी कतारें देखी गई मतदान सुबह सात बजे से शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चला मतदान के दौरान कोपिड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया

पहले चरण में सहारनपुर गाजियाबाद रामपुर बरेली हाथरस आगरा कानपुर नगर झांसी महोबा प्रयागराज रायबरेली हरदोई अयोध्या श्रावस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया प्रदेश में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पद के लिये चुनाव चार चरणों में कराये जा रहे है समी चरणों के चुनावों की मतगणना दो मई को होगी

परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जायेगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीटर पर कहा कि यह निर्णय मेडिकल छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं वैश्विक चुनौती के समय शिक्षा जगत में हो रहे परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जनकल्याण के लिये कार्य करे

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं

परीक्षाओं का नया टाइम टेबल मई के पहले सप्ताह में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद जारी किया जाएगा

विद्यार्थियों के माता पिता और अमिभावकों के कई संगठन कोविड महामारी के मामलों में बढोतरी को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे थे

भारत कोविड टीकाकरण के मामले में नई उंचाइयों को छू रहा है

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में टेस्टिंग क्षमता निरन्तर बढ़ाई जा रही है

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समी जिलाधिकारियों को निजी लैब की क्षमता को बढ़ा कर अधिक से अधिक टेस्ट किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई वाली सभी कम्पनियों फैक्ट्रियों से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में आक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है

आगे भी आवश्यकतानुसार प्रदेश के मरीजों को यह दवा उपलब्ध कराई जायेगी प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लखनऊ सेफ सिटी परियोजना की राज्यस्तरीय उच्च समिति एवं स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री तिवारी ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी कार्यो को तेजी से पूरा किया जाये उन्होंने कहा कि योजना के तहत पिंक बूथ एवं पिंक शौचालय को गूगल मैप से जोड़ा जाये

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है